इनमें उदयपुर कोटा और बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और भीलवाड़ा और भरतपुर में मेडिकल कॉलेज शामिल है इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविघाओं को गति मिलेगी और लोगों को फायदा होगा

उधर झूंझनूं जिले में अब बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का इलाज कोविड केयर सेंटर पर करने की बजाय होम आइसोलेट कर किया जाएगा

इसकी जिम्मेदारी सीएचसी पीएचसी में कार्यरत चिकित्सक के साथ साथ ब्लॉक सीएमएचओ की होगी

जांच के बाद संकमण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्तवर्ष के पहले चार महीनों में मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की आय लगभग दोगुनी होकर एक हजार रुपये प्रति माह हो गयी

इस दौरान औसत दैनिक पारिश्रमिक में बारह प्रतिशत की वृद्धि हुई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा पर सरकार के विशेष ध्यान देने का मूल कारण कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों का वापस अपने गांव लौटना था

एक ट्वीट संदेश में उन्होंने महिलाओं के अदम्य साहस को नमन किया और उनके लिए सम्मान समानता सुरक्षा समान भागीदारी और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई पत्र सूचना कार्यालय जयपूर की ओर से आज असम राजस्थान ः संगीतमय विरासत एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार आयोजित की जा रही है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 प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है

मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है